एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी बहस जारी है बहस की शुरूआत करते हुए द्रमुक सदस्य दयानिधि मारन ने तमिलनाडु सहित पूरे देश में जल संकट का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि जलसंकट का कारण सरकार की उदासीनता है और राज्य में शासन कर रही पार्टी की नाकामी से यह संकट और गहरा गया है इस पर सत्ता पक्ष के सहयोगी सदस्यों ने उनका विरोध किया भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी तथा अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है प्रस्ताव पर बोलते हुए मथ्रा से भाजपा सदस्य हेमा मालिनी ने कहा कि पेयजल की उपलब्धता केवल तमिलनाड् की न होकर पूरे देश की एक बड़ी समस्या है उन्होंने जोर देकर कहा कि यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मथुरा के लोगों की आकांक्षाएं जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति के एकमृत्त भूगतान का फैसला किया है उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में छात्रवृति के भूगतान में क्छ देरी हई थी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में थावरचंद गहलोत ने कहा कि छात्रवृति योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है सूक्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस वर्ष इक्कतीस मार्च तक करीब साढ़े पांच लाख सूक्म उद्यमों को सहायता दी गई है जिनमे लगभग सवा पैंतलिस लाख लोगों को रोजगार मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर अमल के जरिए देश में सूक्ष्म और लघ् उद्योगों की संख्या को स्थाई आधार पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है देश में आपातकाल की घोषणा को आज चौवालिस वर्ष पूरे हो गए हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने उन्नीस सौ पचहत्तर में पदीस जून की आधी रात में आपातकाल लागू किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने आपातकाल का निडर होकर पूरी शक्ति से विरोध किया प्रयानमंत्री ने कहा कि तानाशाही सोच देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से हार गई थी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपातकाल की घोषणा और उसके बाद की घटनाएं देश के इतिहास का काला अध्याय है गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल का सामना करने वालों को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान लाखों राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए यातनाएं झेलीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की आज संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा दौर में प्रेस को स्वतंत्रता है तथा लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है चौवालिस साल पहले इसी दिन में कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा दिये गये संविधान को दरकिनार करते हुए देश पर आपातकाल लादा था और उसमें प्रेस की आजादी खत्म की व्यक्ति की विचार की आजादी खत्म कर दी और पूरे देश को कारागार बना दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं